केन्द्र से मिले निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने शॉपिंग मॉल्स होटल रेस्टोरेंट सशर्त खोलने की छूट दे दी है इन सभी इकाईयों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की पूरी पालना करनी होगी इधर राज्य सरकार ने फिलहाल राज्य के धार्मिक स्थल नहीं खोलने का फैसला लिया है

उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्टिंग के मामले में राजस्थान देश में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है और यहां पांच लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा चुके है फिलहाल राज्य में बीस हजार से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हांसिल की जा चुकी है

यह संस्थान केन्द्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध है एनबीआरआईसी ने बताया है कि स्वदेश में विकसित यह किट एलिजा आरटीपीसीआर पर आधारित है भारतीय नियामक प्राधिकरण ने इसके निर्माण की अनुमति दे दी है और इनकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ सरकार को की जा रही है

करीब ढाई महीने से बंद पडे उद्यान में अब पर्यटक फिर से पक्षियों की कीडाओं को निहार सकेंगे उधर रणथम्मौर राष्ट्रीय उद्यान भी आज से पर्यटकों के लिए खुल गया है

गृह विभाग द्वारा निजी बसों को चलाने की अनुमति भी मिल चुकी है

पाली जिले में पिछले कुछ दिनों से टिड्डी दल डेरा जमाए हुए है इस टिड़डी दल ने जोधपुर की ओर से पाली जिले में प्रवेश किया है जो अब सुमेरपुर और वाली उपखंड तक पहुंच गया है और सब्जी और चारे को चौपट कर रहा है किसान देसी तरीकों से इनको भगाने का प्रयास कर रहे है वहीं कल बूंदी जिले के खेराड इलाके में टिड्डियों के दलों ने प्रवेश किया था यह दल मरडिया गांव की ओर पहुंच गया और पेड़ों को नुकसान पहुंचाया इधर बाड़मेर में जिला कलेक्टर ने कल बायतू इलाके में टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों का जायजा लिया उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

गोडावन के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट के विशेषज्ञों ने बताया है कि गोडावन की संख्या का यह आंकडा और बढ सकता है वहीं जालोर के भालू अभ्यारण्य में इस बार वन्य जीव गणना में भालुओं के कुनबे में सात भालुओं की वृद्धि देखने को मिली है

एक ट्वीट संदेश में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वर्तमान स्थिति और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए यह फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा उचित समय पर कर दी जाएगी

रिटायर्ड सैनिक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी ने ईलाज के दौरान जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल में दम तोड दिया

ब्रंदी और सवाईमाधोपुर में तेज बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली पाली करौली टोंक और धौलपुर जिले में भी हल्की बारिश हुई जिससे मौसम सुहावना हो गया

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं